ये कोष कृषि उद्यमियों स्टार्ट अप कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसम्पत्ति पोषण से संबंधित किसान समूहों के लिए हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मिनिर्भर बनाएगी इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे

यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए अग्रिम रणनीति बनाकर इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है

श्री प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरन्त एम्बुलेंस उपलब्ध हो इसके लिए कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर्स को और प्रभावी बनाया जाए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जन प्रतिनिधि प्रशासन के साथ समन्वय स्थपित कर कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में सहयोग करें मुख्यमंत्री ने कल सहारनपुर में जन प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि हर गरीब की मद्द करना सरकार का लक्ष्य है जन प्रतिनिधि आगे आयें और बिना किसी धर्म और जाति क भेदभाव के सबकी मद्द करें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के समन्वित श्रेणीबद्ध और सक्रिय कोविड प्रबंधन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोविड से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव शून्य चार प्रतिशत पर आ गई है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में कल दो उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की गई

इन जिलों में असम का कामरूप मैट्रो बिहार का पटना झारखण्ड का रांची केरल का अलपुझा और तिरूवनंतपुरम ओडिशा का गंजम उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना हुगली हावडा कोलकाता और मालदा जिले शामिल हैं

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की श्री अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कैम्प आफिस पहुंचे और सम्बन्धित अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यो की जानकारी ली उनके समक्ष पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यो का प्रस्तुतीकरण किया गया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा अपर मुख्य सचिव ने एक्सप्रेस वे के कार्य पर सन्तोष जताते हुए कहा कि इसके निर्माण में धनराशि की कमी नहीं होने दी जायेगी आईआईटी कानपुर ने सीड बॉल विकसित किए हैं जिसका नाम बीज बायो कम्पोस्ट एनरिच्ड इको फ्रैंडलो ग्लोब्यूल रखा गया है इनसे लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी

आईआईटी क प्रोफेसर अमनदीप सिंह ने बताया कि बीज का विकास एक स्टार्टअप कंपनी एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड ने किया है इन सीड बॉल को देसी किस्म के बीज खाद और समुचित मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है इसमें पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं होती इन सीड बॉल को वांछित स्थानों पर फेंकना होता है और पानी के संपर्क में आने से एक दिन में पौधे उगने लगते हैं उन्होंने बताया कि इसकी कीमत करीब तीन चार रूपये रखी गई है